उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समुदाय आधारित संगठनों द्वारा स्थानीय भाषाओ के संरक्षण के लिए उनके प्रयास को सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है ये बात मुख्य मंत्री ने कल ईटानगर के ए बी सेक्टर में न्यीशी इंडिजिनश कला एवं सांस्कृतिक हॉल का उद्घाटन करते हुए कहा सांस्कृतिक संरक्षण पर श्री खांडू ने कहा कि संस्कृतिक की जड़े भाषा संरक्षण पर निहित है समारोह में जनजातीय मामला विभाग के मंत्री नाबम रेबिया और विद्यायक तेची कासों और दासांग्लु पुल भी उपस्थित थे ऊर्जा मंत्री तामियों तागा ने सियांग जिले के पातुम गांव में हाई मस्त लाईट टावर का उद्घाटन करते हुए सुबुंग जल विद्युत परियोजना को जल्द ही कार्यात्मक बनाए जाने की घोषणा की उन्होंने कहा सुबुंग जल विद्युत परियोजना के शुरु होने से रुमगोंग बोलेंग जैसे क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की समस्या समाप्त हो जाएगी जन सभा को संबोधित करते हुए श्री तागा ने बताया कि जिले के कायिंग बोलेंग रिगा पांग्केंग आदि क्षेत्रों में भी हाई मस्त बिजली प्रणाली लगाया जाएगा उन्होंने कहा कि ऐसे बिजली प्रणाली से क्षेत्र में अपराध को खत्म करने कानून एवं न्याय की स्थिति को संभालने में मदद के साथ साथ आम नागरिक के लिए काफी लाभदायक है जन प्रस्तकालय विभाग राष्ट्रिय प्रस्तकालय मिशन एन एम एल के तहत जल्द ही राज्यभर में कम से कम दस पुस्तकालयों में नेटवर्क संपर्क शुरु करने जा रहा है ईटानगर के राज्य केंद्रीय पुस्तलाकय में कल आयोजित राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस के अवसर पर लाइब्रेरी कर्मियों को संबोधित करते हुए जन पुस्तकालय विभाग के निदेशक जोतोम बोरांग ने यह घोषणा की उन्होंने बताया कि एन एम एल के तहत राज्य में करीब पांच से दस पुस्तकालय को इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जाएगा ताकि सभी वर्ग के पाठको को डिजिटल सूचना सेवा का लाभ मिल सके श्री बोरांग ने जिला पुस्तकालयों से अपने काम के प्रति ईमानदार रहने और पाठकों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा अखिल अरुणाचल समग्र शिक्षा अभियान शिक्षक संघ ने राज्य सरकार से हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा केवल चार सौ पदों का सुजन कर एस एस ए शिक्षको को नियमित करने के अपने फैसले पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है

आसाता के अध्यक्ष के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कल उप मुख्यमंत्री चाउना मेन के साथ उनके अधिकारिक आवास में बैठक कर यह अनुरोध किया संघ ने राज्य सरकार से मानवीय आधार पर एस एस ए शिक्षकों को बैच वाइस नियमित करने की उनकी मांगों पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया श्री मेन ने संघ को शिक्षा मंत्री और विभाग के साथ सलाह मस्वरे के बाद निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद उनकी मांगों को राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखने का आश्वासन दिया है

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वर्ष दो हजार एक में स्क्रल पाठ्यक्रम में तीसरी भाषा के रुप में आदी की शुरुआत करने को मंजूरी दी थी ए के के सूत्रों ने बताया कि आदी आगोम केनाना पुस्तक पूरी तरह से स्वविकसित तानी लिपि पर प्रकाशित किया गया है

लोहित जिले के वाकरो में गत शनिवार को मिश्मी के सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सोसायटी ने जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों ने छात्रों के खराब शैक्षणिक प्रदर्शन बढ़ती सड़क दुर्घटना अफीम की लत एवं उनके सामाजिक दुष्प्रभाव जंगलों की कटाई आदि मामलों पर विचार विमर्श किया गया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 आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया